केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने देहरादून स्थित एनआईईपीवीडी में निर्माण कार्योँ का लोकार्पण और शिलान्यास किया

दो मार्च से शुरू होने वाली उत्तराखंड परिषदीय परीक्षाओं के लिए सभी जिलों में की जा रही तैयारियां

नैनीताल में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाले कार्यों की समीक्षा की इस मौके पर श्री शेखावत ने राज्य की भौगोलिक विषम परिस्थियों वाले क्षेत्रों तक इस योजना का लाम पहुंचाने के लिए रणनीति बनाकर कार्य करने को कहा उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्यक्रम में जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्वयं सहायता समूहों महिला और युवक मंगल दलों के साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है

केन्द्रीय अपर सचिव जल जीवन मिशन भरत लाल ने कहा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य इफ्रास्ट्रक्वर विकास नहीं है बल्कि हर घर में नल और हर नल में जल है उन्होंने कहा कि हर नल में पानी के लिए जल स्त्रोतों को रिचार्ज करने की भी कार्य योजना तैयार करनी होगी

उन्होंने कहा कि देवप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक गंगा का पानी पीने लायक है

उन्होंने कहा कि राज्य में हरेला पर्व पर वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे पेड़ और पौधों को पर्याप्त जल मिल सके

थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ थावरचंद गहलोत ने आज देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में चंद्र द्वार अरुण द्वार दिव्य कला दीर्घा का शुभारंभ किया साथ ही दिव्य पथ और संवेदी उद्यान का शिलान्यास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सावित्रीबाई फ्ले छात्रावास का लोकार्पण भी किया

केंद्र सरकार आगे भी विकास के लिये हमेशा तत्पर रहेगी राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक डॉक्टर नचिकेता राउत ने खूशी जाहिर करते हुए कहा कि इन सभी लोकार्पण और शिलान्यासों से दिव्यांगजनों को काफी सुविधा और लाभ मिलेगा राज्य सरकार कार्यकाल राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरा होने के अवसर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव शासन के उच्चाधिकारियों गढ़वाल और कुमाऊ के आयुक्तों और समी जिलाधिकारियों से वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस संबंध में चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने जिलों से सम्बन्धित मंत्रियों और विधायकों से विचार विमर्श कर ैइस कार्यक्रम को प्रभावी बनाएंगे और इसमें सुद्रवर्ती ग्रामवासियों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के समग्र विकास की दिशा में विधानसभा वार किये गये कार्यो संचालित योजनाओं कार्यक्रमो की जानकारी आम जनता को उपलब्य हो इसकी भी कार्ययोजना बनायी जाय इसके लिए निर्धारित गाइड लाइन जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य जन हित में लिये गये निर्णयों और कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाना है

इस अवसर पर केंद्रीय मन्त्री ने कहा की उत्तराखंड सरकार के सफल तीनसाल पूरे होने पर राज्य के सबसे बड़े एयरपोर्ट को वाई फाई की सुविधा मिली है जो एक महत्वपूर्ण योजना है इससे देश विदेश के एयर यात्रियों को लाम मिलेगा

परिषदीय परीक्षाओं को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से सपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी जोनल मजिस्ट्रेट सेक्टर मजिस्ट्रेट केन्द्र व्यवस्थापक और प्रधानाचार्यो की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए

जिलाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा के लिए नियुक्त अधिकारियों को बिना किसी भय और प्रलोभन के पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ और बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार परीक्षाए संपादित कराने को कहा उन्होंने कहा कि संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों सहित अन्य परीक्षा केन्द्रों पर भी आवश्यक सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा

देवमूमि डिजीटल प्लेटफॉर्म दुनियाभर के श्रद्धालु जो किन्हीं कारणों से देवभूमि नहीं आ पाते हैं यहां के चारधाम सहित अन्य प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे इसके लिए जिओ एक डिजीटल प्लेटफार्म तैयार करेगा जिओ डिजीटल प्लेटफार्म तैयार कर राज्य सरकार को उपलब्ध करवाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे चारधाम और दूसरे प्रमुख मंदिरों से दूनिया भर के लोग परिचित होंगे साथ ही शारीरिक अस्वस्थता या अन्य दूसरे कारणों से आने में असमर्थ श्रद्वाल चारधाम के दर्शन कर सकेंगे

पहले इसे निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया था

इसके लिए हरेला पर निर्बन्धित अवकाश को सार्वजनिक अवकाश मे परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया था अब हर साल हरेला पर्व पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा स्थायी न्यायधीश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षरों के बाद उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को न्यायधीश रवि विजयक्मार मलिमथ के रूप में एक और स्थायी न्यायाधीश मिल गया है राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रवि विजयकमार मलिमथ का ट्रांसफर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय कर दिया है

बागेश्वर जिले गरुड़ तहसील में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न ग्रामीण बाजारों में जाकर छापेमारी की खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए इन सैंपलों को जांच के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान तेल दूध नूडल्स और बेकरी प्रोडक्ट के नमूने लिए गए हैं उन्होंने कहा कि यदि जांच में सैंपल फेल हुए तो दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी चम्पावत महोत्सव चंपावत जिला मुख्यालय में आज से चम्पावत महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है जिले में ऑफ सीजन में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देन और यहां की सांस्कृतिक विरासत को प्रदेश में प्रदेश से बाहर पहुंचाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया है इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों प्रस्तृत किये गए महोत्सव में विभिन्न विमागों के साथ ही समूहों द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्रीय उत्पादों और खाने पीने के स्टाल लगाए गए हैं